जयराम ठाकुर ने कहा कि ये धनराशि प्रदेश में विकास को और गति देने के लिए उपयोग की जाएगी

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीडीसी और जिला परिषद का बजट बहाल होने से ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में भी तेजी आएगी कोरोना वायरस कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के चलते हिमाचल पूरी तरह अलर्ट पर है चीन से हिमाचल लौटे लोग स्वास्थ्य विभाग की लगातार निगरानी में है विभाग ने इन लोगों के परिजनों को ऐतियात बरतने की सलाह दी है

हालांकि प्रदेश में कोरोना वायरस का कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है

श्री गुरू रविदास महान संत दार्शनिक और कवि होने के साथ साथ उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख भी रहे हैं गुरु रविदास जी ने अपने वचनों से सारे संसार को एकता भाईचारे का संदेश दिया उन्होंने जीवन भर समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने पर जोर दिया इस अवसर पर शिमला समेत राज्य के विभिन्न भागों धार्मिक कार्यक्रम शब्द कीर्तन के अलावा लंगर भी लगाएं जाएंगे चम्बा और कांगड़ा में कल इस अवसर पर शोभायात्रा भी निकाली गई शिल्प मेला सुरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में आज अनफॉरगेटेबल हिमाचल थीम पर फैशन शो आयोजित किया जाएगा इस अवसर पर डिज़ाइनर रीतू बेरी द्वारा बनाए हिमाचली परिधानों को फैशन शो के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा शिल्प मेले में पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और पर्यटकों को प्रदर्शनी व स्टालों के माध्यम से हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जा रही है जांच शिविर नगर परिषद सोलन व अन्य विभिन्न संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में सोलन में निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया इस दौरान स्वच्छता कर्मचारियों सहित अन्य लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाईयां दी गयीं सफाई कर्मचारियों ने इस शिविर को लाभदायक बताया और अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियां पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग ख़बरों को प्रमुखता दी है

इसी पत्र की एक अन्य सुर्खी है पटवारी भर्ती में धांधली की सीबीआई ने शुरू की जांच

दैनिक सवेरा टाईम्स लिखता है हिमाचल में मानवाधिकार आयोग का गठन जल्द दैनिक जागरण की सुर्खी है जिला परिषद व बीडीसी सदस्य करवा सकेंगे विकास कार्य दिव्य हिमाचल की शीर्षक है रोप वे पर नीति आयोग को जवाब देगा हिमाचल इसी अख़बार की एक अन्य ख़बर है ओक ओवर में बजट पर चर्चा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

नमस्कार